राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की राज्यपाल से भेंट जनजातीय क्षेत्रों के विकास को लेकर हुई चर्चा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हिमाचल को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए लोगों से सहयोग का किया आहवान चम्बा ज़िले में साच दर्रा छोटे वाहनों के लिए बहाल पांगी के लोगों को मिली राहत

इस दौरान कल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान ढालपर मैदान में हजारो बजंतरियों ने देवधन बजाई ये आयोजन मुख्यमंत्री जयराम ठाकर की मौजदगी में किया गया मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई है और हमारी पुरातन सेस्कृति व समृद्ध परम्पराए धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं उन्होंने संस्कृति को संरक्षण के लिए लोगों से आगे आने का भी आहवान किया

पहली बार हुए इस आयोजन को इंडिया ब्रक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया वन मंत्री गोविंद ठाकुर और सांसद राम स्वरूप शर्मा भी इस दौरान विशेष रूप से मौजूद रहे सांस्कृतिक संध्या इस बीच अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की पांचवीं सांस्कृतिक संध्या में कल शाम मलेशिया और मध्य प्रदेश के कलाकारों ने उपस्थित लोगों का भरपूर मनोरंजन किया

सांस्कृतिक संध्या से पहले प्रजारी संघ ने महा आरती का आयोजन किया जिसमें वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने भाग लिया मेंट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साईं ने आयोग के सदस्यों हर्षदभाई और हरिकृष्ण डामोर के साथ राजभवन शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की उन्होंने राज्यपाल से जनजातीय क्षेत्रों के विकास और प्रदेश में उनसे जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि वे अपनी अगली यात्रा में प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों का व्यापक दौरा करेंगे दलाई लामा तिब्बती धर्मग्रू दलाई लामा ने भारत व चीन के बीच अच्छे संबंध होने की ज़रूरत पर बल दिया है वे आज चण्डीगढ़ जाने के दौरान ऊना में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि जहां एक ओर दोनों देशों की सभ्यताएं काफी पुरानी हैं वहीं आर्थिक तौर पर भी दोनों देश बड़ी शक्तियां हैं ऐसे में दोनों राष्ट्रों में मधुर रिश्ते होना ज़रूरी है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने महाराजा अग्रसेन के उन्नत विचारों को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया है

उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन मानवता व सामाजिक समानता के प्रवर्तक थे और उन्होंने हमेशा सामाजिक न्याय की बात कही राज्यपाल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने गौवंश की रक्षा व संरक्षण को भी महत्व दिया उन्होंने अग्रवाल समाज से गौवंश की रक्षा के लिए आगे आने का आहवान करते हए कहा कि वे गौशालाओं का निर्माण कर इस दिशा में अपना योगदान दे सकते हैं बंडारू दत्तात्रेय ने हिमाचल को प्लास्टिक मुक्त बनाने में सभी से इस दिशा में चलाए गए अभियान का हिस्सा बनने का भी आहवान किया वाल्मीकि जयंती महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस मौके पर लोगों को बधाई देते हुए कहा कि सामाजिक न्याय के स्तंभ महर्षि वाल्मिकि के संदेश हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहेंगे उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के महान विचार भारत के इतिहास भें रचे बसे हैं जिनके बल पर भारत की परंपरा और संस्कृति फली फूली है इधर अपने संदेश में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने लोगों से महर्षि वाल्मीकि की शिक्षा और आदर्शो को जीवन में अपनाने की अपील की इस बीच महर्षि वाल्मीकी प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में स्वयं सेवी संस्था उमंग फाउंडेशन कल शिमला स्थित प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार शिविर का शुभारंभ करेंगे अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य सरकार पर स्मार्ट सिटी धर्मशाला के लिए कोई सहायता उपलब्ध न करवाने का आरोप लगाया है धर्मशाला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्थानीय नगर निगम को विकास कार्यों के लिए धन नहीं दिया जा रहा है और निगम अपने दम पर ही कार्य करवा रहा है अग्निहोत्री ने प्रस्तावित इनवेस्टर मीट को केवल दिखावा बताया और कहा कि हकीकत में पूराने एमओयू को रीन्यू कर और सरकारी कम्पनियों से एमओयू साइन कर सरकार अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पीट रही है

भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों के बड़े नेता अपने अपन्ने उम्मीदवारों के पक्ष में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आज सिरमौर जिले के सराहां की विभिन्न पंचायतों में पार्टी प्रत्याशी गंगू राम मुसाफिर के पक्ष में प्रचार किया

इस दौरान प्रदेश कांग्रेस सहप्रभारी गुरकीरत सिंह भी प्रचार करेंगे दर्रा चम्बा को जनजातीय क्षेत्र पांगी से जोड़ने वाला साच पास मार्ग छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है

मार्ग के खूलने से घाटी के लोगों ने राहत की सांस ली है पांगी को चम्बा मुख्यालय से जोड़ने वाला साच पास मार्ग कम दूरी का मार्ग है और इसी रास्ते से अधिकतर लोग आवागमन करते हैं कराटे सोलन में उत्तर क्षेत्रीय खिलाड़ियों की कराटे प्रतियोगिता संपन्न हो गई है इस दो दिवसीय प्रतियोगिता में करीब सौ खिलाड़ियों ने भाग लिया नॉर्थ इंडियन कराटे फैंडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष बृज मोहन ने बताया कि ये प्रतियोगिता करवाने का संस्था का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों में खेल भावना पैदा करना रहा है

सम्मेलन में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति व बेरोजगारी को लेकर चिंता व्यक्त की गई इसके अलावा खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के संबंध में विचार विमर्श किया गया

मौसम प्रदेश के अधिकतर भागों में खिल रही धूप के चलते मौसम इन दिनों सुहावना बना हुआ है अनेक स्थानों पर जहां दिन का तापमान सामान्य चल रहा है वहीं कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में गिरावट लगातार जारी है खासतौर पर जनजातीय इलाकों के न्यूनतम तापमान में तेज़ी से गिरावट आ रही है